उनचालीस पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आज सुबह अखाड़ों के शाही स्नान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुम्भ शुरू हो गया है यह कुंभ मेला चार मार्च तक चलेगा इस मेले में तेरह से पन्द्रह करोड़ लोगों के आने की संभावना है मेले को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि साधु संतों के अलावा विदेशी पर्यटक भी इस मेले में आ रहे हैं कुम्भ मेले का आकाशवाणी और द्रदर्शन से सीधा प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी ने अलग से एक किलोवाट का रेडियो स्टेशन कुम्भवाणी स्थापित किया है इसका प्रसारण पैंतीस किलोमीटर के दायरे में प्रतिदिन सुबह पांच बजकर पचपन मिनट से रात दस बजकर पांच मिनट तक सुना जा सकता है आकाशवाणी ने पहली बार कुम्भवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है मकर संक्रांति का पर्व पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मनाया जा रहा है इस अवसर पर नदियों तालाबों और पवित्र जलाशयों में लोग स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन से शुभ कार्यों की शुरूआत हो जाती है आज के दिन तिल और वस्त्र दान करने के साथ ही चूड़ा दही और खिचड़ी खाने की परम्परा है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिलों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है प्रदेश के कई स्थानों में कल भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाने में शराब बेचने के आरोप में निलंबित थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ और जमादार अमेरीका प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है इसके साथ ही अन्य उनचालीस पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है इस बीच आईजी रत्न संजय और एसएसपी मनोज कुमार ने मोतीपुर थाने पहुंच कर कार्रवाई के संबंध में जानकारी हासिल की उधर पुलिस मुख्यालय ने मोतीपुर थाना मामले में जोनल आईजी से विस्त्रत रिपोर्ट मांगी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा सत्रह जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं वे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ सत्रह और अठारह जनवरी को लोक सभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे इस दौरान ईवीएम में वीवीपैट के उपयोग के बारे में भी चर्चा होगी मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नये लाभार्थियों को अब पांच पांच किलो के दो सिलेंडर मिलेंगे छोटे गैस सिलेंडर सब्सिडी पर ही मिलेंगे इसके लिए कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है ताकि तीन सौ पचास रूपये का भुगतान कर छोटे सिलेंडर का विकल्प चूनने वाले लाभार्थी को परेशानी नहीं हो इंडियन ऑयल के बिहार झारखंड की मुख्य प्रबंधक वीणा कुमारी ने बताया कि अब सभी वर्ग की गरीब महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं इसके लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है जिसमें व्यस्क लोगों का नाम आधार कार्ड में हो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि अगले एक महीने में सरकारी अस्पतालों में एक सौ पचास दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया आसान बनायी गयी है श्री पांडेय ने कहा कि अस्पतालों में उपकरणों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को छाती में दर्द की शिकायत होने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है भारतीय रेल के प्रोजेक्ट उत्कृष्ट योजना के तहत पूर्व मध्य रेल की सोलह जोड़ी ट्रेनों का उन्नयन किया जायेगा पटना कोटा एक्सप्रेस बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस राजेन्द्रनगर हावड़ा एक्सप्रेस साउथ बिहार एक्सप्रेस श्रमजीवी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रोजेक्ट उत्कृष्ट के तहत इन ट्रेनों के कोच को अपग्रेड कर इनमें मॉडर्न फिटिंग्स लगाये जायेंगे बॉयो टायलेट एलईडी लाईट विनाइल बोर्ड की व्यवस्था की जायेगी इन सब उपायों से यात्रियों को आरामदायक यात्रा का आनंद मिल सकेगा पछुआ हवा के कमजोर पड़ने के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया इस कारण ठंड में कमी हुई है हालांकि सुबह और शाम हवा में नमी की मात्रा पचासी फीसदी से अधिक होने के कारण ठंड से जनजीवन प्रभावित है गया आठ दशमलव दो डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पटना सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में औसत एक डिग्री की कमी दर्ज किये जाने की संभावना है वहीं बीस जनवरी तक तापमान में औसत एक से दो डिग्री तक उतार चढ़ाव जारी रहेगा पुणे में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य की माही श्वेतराज ने अंडर सेवेंटीन पचास मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में एक और कांस्य पदक जीता है खेलो इंडिया में बिहार ने अब तक एक रजत और चार कांस्य पदक जीता है नगालैंड के सोविमा मे खेली जा रही कूच विहार ट्राफी क्रिकेट में अमोद यादव की शानदार गेंदबाजी की बदौलत बिहार ने नगालैंड की पहली पारी एक सौ नब्बे रनों पर ही समेट दी बिहार की ओर से अमोद ने सात अपूर्वा शब्बीर और आकाश ने एक एक विकेट लिये जबाव में पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिहार ने चार विकेट खोकर छियासठ रन बना लिये हैं हरियाणा के हिसार में खेले जा रहे नेशनल स्कूली हैंडबॉल चैम्पियनशिप में बिहार ने एनवीएस की टीम को उनतीस पन्द्रह से हराकर बालक वर्ग का कांस्य पदक जीत लिया इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है होम सेंटरों पर आयोजित यह परीक्षा सुबह नौ बजे से शुरू होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा में प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा परीक्षा के संबंध में सभी दिशा निर्देश केन्द्राध्यक्षों को भेज दिया गया है उधर बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए एक और मौका आज से सत्रह जनवरी तक दिया है त्रुटि में सुधार ऑनलाईन होगा संयुक्त बीएड परीक्षा दो हजार उन्नीस के लिए इक्कीस जनवरी से आवेदन फार्म मिलेंगे जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख बीस फरवरी तय की गयी है इसका आयोजन नालंदा खुला विश्वविद्यालय करेगा विश्वविद्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि परीक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पटना उच्च न्यायालय से अनुमति मिल गयी है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने पटना नगर निगम क्षेत्र में मछली के भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध से जूड़ी खबर का शीर्षक लगाया है पटना में मछलियों की बिक्री पर रोक दैनिक जागरण ने गरीब सवर्णों को आरक्षण से जुड़ी खबरों को सुर्खी बनाते हुए लिखा है आर्थिक आरक्षण सीमा हो सकती है पांच लाख दैनिक भास्कर ने अपनी खास खबर का शीर्षक लगाया है एनडीए के नेताओं ने खूब जमाया राजनीतिक दही प्रभात खबर ने कन्हैया कुमार समेत दस पर देशद्रोह के आरोप से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाया है इसके अलावा अखबारों ने मकर संक्रांति के मौके पर कई एनडीए नेताओं के आवास पर आयोजित चूड़ादही भोज की खबर को तस्वीरों के साथ प्रकाशित किया है

उनचालीस पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश